नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ये परिकल्पना समाज के विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पादन श्रम भूमि वित्तीय तरलता और उद्योगों संबंधी कानूनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे उद्यमियों के लिए भारत में कारोबार करना और आसान हो जाएगा उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय ब्रांड वाले उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है

स्वागत इधर प्रदेश भाजपा ने भी प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उम्मीद जताई कि ये पैकेज देश के विकास और गरीब के उत्थान को नई दिशा प्रदान करेगा सांसद किशन कपूर पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने भी प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का प्रदेश में आम लोगों ने स्वागत किया है उनका कहना है कि इस पैकेज से मंझोले व छोटे दुकानदारों सहित किसानों और श्रमिकों को भी लाम होगा लोगों ने उम्मीद जताई कि इससे देश का समग्र विकास हो सकेगा और लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे

शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिवारों की संख्या बढ़कर डेढ़ लाख हो जाएगी

इस निर्णय से छोटी विनिर्माण इकाईयों में श्रमिकों को रोज़गार के अधिक अवसर सृजित होंगे

इसके तहत ओवर टाइम का भुगतान साधारण मजदूरी की दर से दोगुना करने की शर्त होगी ताकि श्रमिकों को आय के अधिक अवसर मिल सकें

कैंटीन केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में अब सिर्फ देशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे यह फैसला आगामी एक जून से लागू होगा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के करीब दस लाख पुलिस कर्मी इन कैंटीनों का लाभ उठाते हैं

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना योद्दाओं के रूप में डाक कर्मियों की सेवाओं की सराहना की है उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कर्मी मौजूदा दौर में अग्रणी रूप से सेवाएं देते हुए विशेषकर पैंशन वितरण का कार्य कर सकारात्मक संदेश दे रहे हैं प्रदेश डाक सेवा के निदेशक दिनेश कुमार मिस्त्री और सहायक पोस्ट मास्टर जनरल बिशन सिंह ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल से भेंट की उन्होंने राज्यपाल को डाक सेवाओं के माध्यम से लॉकडाउन अवधि के दौरान दी जा रही सेवाओं से अवगत करवाया

उपायुक्त संदीप कुमार ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अभिवादन किया ऊना पहुंचने पर समी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई जिसके बाद पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उन्हें उनके गंतव्यों के लिए भेज दिया गया है यात्रियों ने प्रदेश लौटने पर खुशी जताई और उनके लिए की गई व्यवस्था के लिए राज्य सरकार का आभार जताया

उन्होंने कहा कि इन दिनों इस संस्थान के सौ से अधिक कोरोना योद्वा कोरोना मरीजों के उपचार में अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में आज कोरोना योद्वाओं के रूप में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों पैरामैडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने अस्पताल को एक वाहन भी भेंट किया जो कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल स्टाफ के लिए आपात स्थिति में उपयोग में लाया जाएगा

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में कोरोना संकमण के मामले बढ़ने पर चिंता जताई है पार्टी सचिवों के साथ आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक में उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों बागवानों कारोबारियों और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया

प्रस्ताव लाहौल स्पीति के पंचायती राज संगठनों ने बाहरी कामगारों के प्रतिबंध के फैसले के प्रस्ताव को वापस ले लिया है राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद इन संगठनों ने आज जिला प्रशासन को नया प्रस्ताव सौंपा है जिसमें पूर्व में दिए गए प्रस्ताव को निरस्त करने की अपील की गई है